राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र ध्वज फहराकर परेड की सलामी लेगें इस साल ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मेसियास बोलसोनारो मुख्य अतिथि है

इनमें राजस्थान के जयपुर की भी झांकी शामिल की गई है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में स्टार्टअप इंडिया जल जीवन मिशन तथा वित्तीय समावेशन और अन्य विषयों को सुरूचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा जम्मूकश्मीर पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में परेड में भाग ले रहा है गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली सहित देशभर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इन्तजाम किए गए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है

राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसीबी सौरभ श्रीवास्तव और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विजिलेंस गोविंद गुप्ता को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों और रक्षा से संबंधित अन्य लोगों को शौर्य और रक्षा पदक प्रदान करने को मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विकास और जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इस प्रयास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श राष्ट्र निर्माण के प्रयास में आज भी प्रासंगिक हैं सच्चाई और अहिंसा के महात्मा गांधी के आदर्श आत्मविश्लेषण का हिस्सा होना चाहिए

राज्यस्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में सुबह साढे नौ बजे आयोजित किया जाएगा समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मार्चपास्ट की सलामी लेगें

समारोह में पुलिस और सेना की दुकडियों एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाईड की ओर से परेड की जाएगी साथ ही विभिन्न स्कूली बच्चों की ओर से व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह जयपुर में बड़ी चौपड़ पर तिरंगा झण्ड़ा फहराया

गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा और उच्च न्यायालय सहित प्रमुख स्थलों पर ध्वाजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सरकारी संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया जा रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज आकाशवाणी पर राज्य के नाम संदेश में सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे